नमस्कार प्रदेश के समाचारों के साथ मैं छाया शुक्ला

प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के नेताआं को भारत आने का न्यौता दिया

प्रधानमंत्री ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों को वापस लाकर कानूनी कार्रवाई करने और उनकी अवैध संपत्ति जब्त करने के लिए नौ सूत्री कार्ययोजना भी प्रस्तुत की

श्री कोविंद कल चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी और व्यापार मेले के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे श्री कोविंद ने किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार की पहल जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई याजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जिक्र किया श्री कोविंद ने किसानों के निस्वार्थ प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने देश के विकास और लोगों को फायदा पहुंचाने में योगदान किया है उन्होंने पराली जलाने के मुद्दे पर कहा कि सभी संबद्ध पक्षों को इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए

उन्होंने ओपी रावत की जगह पर यह पद ग्रहण किया है श्री रावत कल इस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव रह चुके सुनील अरोड़ा राजस्थान कैडर के उन्नीस सौ अस्सी बैच के आईएएस अधिकारी हैं

नये मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है

सरकार ने इस वर्ष अगस्त में ड्रोन की सुरक्षित उड़ान से संबंधित नागरिक उड्डयन विनियमों की घोषणा की थी नागरिक विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने कल कहा कि ड्रोन भविष्य का उद्योग है और यह हमारे देश के लिए गर्व का विषय है कि हमने इस उद्योग के लिए नियम बनाने में पहल की है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

उन्होंने कहा प्रयागराज कुम्भ से दुनियाभर के लोगों को राष्ट्रीय एकता स्वच्छता और इन्सानियत का संदेश मिलेगा

समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि कुम्भ भारत की सनातन परम्परा और मानव कल्याण का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आघ्यात्मिक आयोजन है उन्होंने इस अवसर पर कांची कामकोटि पीठ के कार्यो की तरीफ की और कहा कि इस पीठ ने सनातन परम्परा को संरक्षित किया है इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महन्त नरेन्द्र गिरि अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जगद्गुरू हंसदेवाचार्य के साथ बड़े हनुमान मन्दिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की बाद में उन्होंने महन्त नरेन्द्रगिरी जी के साथ कुम्भ मेंले की तैयारियों का जायजा भी लिया

अभियान के अन्तर्गत नौ माह से पन्द्रह वर्ष तक के बच्चों को खसरा रूबेला का टीका लगाया जाना है यह अभियान प्रथम चरण में लगभग दो सप्ताह तक प्रदेश के सभी स्कूलों में चलाया जायेगा इसके बाद द्वितीय चरण में यह अभियान समुदाय में चलाया जायेगा

प्रदेश सरकार ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न देते हुए अपने बच्चों का टीकाकरण कराने में पूरा सहयोग दें यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्रनाथ पाण्डें ने आज चित्रकूट में पदयात्रा की शुरूआत की पद यात्रा में भारी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे बस्ती में सांसद हरीश द्विवेदी और विधायक रविशंकर के नेतृत्व में निकाली गयी पद यात्रा में कार्यकर्ताओं ने लोगों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया भाजपा सांसद जगदम्बिकापाल ने पद यात्रा के दौरान बताया कि लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने को साथ साथ योजनाओं का भौतिक सत्यापन भी हो रहा है बाइट पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये जो कमल संदेश यात्रा में पदयात्राये हो रही हैं उससे जो केन्द्र की योजनाओं का मोदी जी की और एक साल की सरकार में योगी जी की जो योजनायें गाँव में हुई हैं उसका एक भौतिक सत्यापन होने जा रहा है

उन्होंने कहा कि इस केन्द्र के शुरू होने से पासपोर्ट बनावाने के लिए अब स्थानीय लोगों को लखनऊ जाने की जरूरत नहीं होगी उन्हाने इस अवसर पर सीतापुर पोस्ट आफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र के माध्यम से पासपोर्ट बनवाने वाले दो आवेदकों को सम्मानित भी किया

महोत्सव में लोगों ने दोपहर से लेकर देर शाम तक अपने परिवार और दोस्तों के साथ खरीददारी की और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठाया शिल्प जोन में जहाँ महिलायें खरीददारी करने में व्यस्त नजर आयीं वहीं फन जोन में युवा और बच्चे रोमांचिक कर देने वाले झूलों का आनन्द लेते हुए नजर आये इसके अलावा फूड जोन में विभिन्न राज्यों के लगे खाद्य पदार्थो के जायको का लोगों ने मजा लिया लखनऊ महोत्सव में बना अटल गाँव लोगों के आकर्षक का केन्द्र बना हुआ है ग्रामीण परिवेश में बनी झोपड़ी कुएं मचान बैलगाड़ी दर्शकों को काफी भा रही हैं ग्रामीण परिवेश का दृश्य देखकर हर कोई आनन्दित हो रहा है अटल गाँव सेल्फी प्वाइंट के रूप में लोगों को भा रहा है लखनऊ महोत्सव का समापन पाँच दिसम्बर को होगा

प्रोफेसर शारिब के साथियों और शिष्यों की ओर से आयोजित इस जलसे के मुख्य अतिथि राज्यपाल श्री रामनाईक थे कार्यक्रम में देश के कई राज्यों से आये उर्दू साहित्यकारों के साथ ही जर्मनी से आये विख्यात शायर आरिफ नकवी भी मौजूद थे